प्रधानमंत्री रक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि निजी क्षेत्र अन्संधान डिजायन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है

इसके अलावा उन्होंने इन प्रकरणों में पदाधिकारियों से शासकीय राशि की वसूली की तमाम जानकारी भी आम जनता को देने को कहा है आयोग का मानना है कि इससे पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधी पारदर्शी व्यवस्था में कसावट आएगी सूचना आयुक्त ने यह फैसला रीवा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद दविवेदी की शिकायत पर दिया है

मजद्रों का कहना है कि हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसों से वह अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे और जो उनके ऊपर कर्ज है उसको भी च्काएंगे